संक्रमित लोगों का आंकड़ा छत्तीस हजार के पार

प्रदेश के दस जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है दस लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं इधर प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिये गये हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बाईस टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं आज से वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टर भी राहत कार्य में जुट गये हैं इनके जरिये बाढ़ से घिरे लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचायी जा रही है पहले दिन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से दरभंगा पूर्वी चम्पारण और गोपालगंज में फूड पैकेट गिराये गये

दरभंगा में ग्यारह और मुजफ्फरपुर में दस प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुये हैं सबसे अधिक साढ़े तीन लाख की आबादी दरभंगा में बाढ़ से प्रभावित हुई है बाढ़ के कारण राज्य में अलग अलग हादसों में अब तक छियालीस लोगों की मृत्यू हो गयी है इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों और ट्रेनों की आवाजाही बाधित है पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर और नरकटियागंज सुगौली रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है इन रेलमार्गों पर रेल पटरी पर बाढ़ का पानी आ गया है इस मार्ग से चलने वाली रेलगाड़ियां दूसरे रेल खंड से परिचालित की जा रही है इधर गंडक नदी का तटबंध ट्रटने से गोपालगंज और पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण जिलों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर हो गयी है गोपालगंज में तीन स्थानों पर सुरक्षा बांधों के टूटने से चौंतीस गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुये हैं इधर पूर्वी चम्पारण जिले में मोतिहारी शहर के कई हिस्सों में बाढ़ का पानी फैल गया है पश्चिम चम्पारण जिले में भी गंडक और इसकी सहायक नदियों में बाढ़ का कहर बरपाया है सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ की स्थिति चिंताजनक हो गयी है ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे को नुकसान पहुंचा है जिले में रून्नीसैदपुर सुरसंड सुप्पी और मेजरगंज सहित तेरह प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है कोसी नदी में उफान के कारण सुपौल जिले के कई इलाकों में बाढ़ के हालात में सुधार नहीं है हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रढ़ी गंडक बागमती कोसी कमला और करेह नदियों के जलस्तर में वृद्धि से समस्तीपुर जिले के बिथान हसनपुर सिंधिया और कल्याणपुर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है जिले में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुये हैं जबकि खेतों में हजारों एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गयी है समस्तीपुर शहर के धरमपुर मगरदही घाट और कई अन्य मोहल्लों में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया श्री हंस ने बताया कि गोपालगंज और प्रर्वी चम्पारण में क्षतिग्रस्त हुये बांध को एक दो दिन में दुरूस्त कर लिया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है सचिव ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए इक्कीस राहत शिविर बनाये गये हैं जबकि दो सौ इकहत्तर सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है गंगा घाघरा ब्रढ़ी गंडक और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है पटना में गंगा नदी का जलस्तर गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है वहीं भागलपुर जिले के कहलगांव में नदी का जलस्तर लाल निशान के पास पहुंच गया है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पूर्वी चम्पारण जिले के लालबगिया घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर चला गया है मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया मे भी यह नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया वहीं कमला बलान नदी का जलस्तर घटने के बावजूद यह मध्रबनी जले के जयनगर और झंझारपूर में लाल निशान के ईदगिर्द बना हुआ है दूसरी तरफ महानंदा नदी और परमान नदी का जलस्तर अब भी पूर्णियां और अररिया में लाल निशान को छू रहा है मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है गंगा नदी के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका है पटना जिले में अगले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है

वहीं भागलप्र सुपौल सीतामढ़ी वैशाली रोहतास कटिहार सारण दरभंगा प्रवी और पश्चिमी चम्पारण जिलों में तीस मिलीमीटर से लेकर साठ मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर दौ सौ बत्तीस हो गयी है सबसे अधिक छत्तीस लोगों की मृत्यू पटना जिले में हुई है महामारी का प्रकोप सबसे अधिक इसी जिले में है पटना में संक्रमितों का आंकड़ा छह हजार के आस पास पहुंच गया है इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बूलेटिन में कहा गया है कि कोविड उन्नीस के दो हजार आठ सौ तीन नये मामले सामने आये हैं इसके बाद राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर छत्तीस हजार तीन सौ चौदह हो गयी है सबसे अधिक पांच सौ चौवालीस नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं वहीं नालंदा से दो सौ पच्चीस रोहतास से एक सौ अड़सठ कटिहार से एक सौ सतहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है भागलपुर से एक सौ उनचास गया जिले से एक सौ चौंतीस वैशाली से एक सौ चौबीस पूर्णियां से एक सौ बीस भोजपूर से एक सौ सत्रह और बेगूसराय जिले से एक सौ तेरह जबकि पूर्वी चम्पारण से सौ नये मामले सामने आये है प्राप्त जानकारी के अनुसार चौबीस हजार पांच सौ बीस लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं संक्रमित लोगों में से लगभग अड़सठ प्रतिशत लोग ठीक हुये हैं इधर जाने माने शिक्षाविद उत्तम कुमार सिंह का आज पटना में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया वे करीब एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे वहीं गया जिले में चंदौती के अंचलाधिकारी दिलीप कुमार का पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया कुछ दिन पहले अंचलाधिकारी को तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत के बाद अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था मृत अधिकारी की कोविड जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है शेखपुरा जिले में एक टेक्निशियन के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद बरबीघा रेफरल अस्पताल को सील कर दिया गया है नालंदा जिले में भी कोविड उन्नीस से कई लोगों की मृत्यू हो गयी है बिजली विभाग के अंतर्गत काम कर रहे एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का कोविड उन्नीस से देहांत हो गया राज्य सरकार ने कहा है कि पटना में अभी ग्यारह निजी अस्पतालों को कोविड उन्नीस के इलाज की अनुमति दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी पांच प्राईवेट अस्पतालों में छियानवे मरीजों का इलाज चल रहा है राज्य के अन्य जिलों में भी प्राईवेट अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है श्री सिंह ने बताया कि राज्यभर में कोविड उन्नीस जांच की कोई भी रिपोर्ट लंबित नहीं है उन्होंने कहा कि अब सैंपल जांच की रिपोर्ट चौबीस घंटे में दी जायेगी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोविड उन्नीस की जांच के लिए विभिन्न जिलों को दो लाख अस्सी हजार रैपिड एंटीजेन जांच किट उपलब्ध कराये गये हैं श्री पांडेय ने कहा कि एक सप्ताह के दौरान केन्द्र सरकार से बीस हजार ऐसे जांच किट प्राप्त हुये है उन्होंने बताया कि राज्य के सभी अनुमंडल अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्रों में कोविड उन्नीस के लिए रैपिड एंटीजेन जांच सुविधा शुरू हो गयी है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार से पर्याप्त संख्या में वेंटीलेटर प्राप्त हुये हैं इन्हें विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगाया जा रहा है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के अड़तालीस हजार नौ सौ सोलह नये मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या तेरह लाख छत्तीस हजार आठ सौ इकसठ हो गयी है वहीं एक दिन में सात सौ सतावन लोगों की मौत हुई है मृतकों की संख्या बढ़कर इकतीस हजार तीन सौ अंठावन हो गयी है एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश गर्ग ने बताया कि कोविड उन्नीस का संक्रमण उन लोगों से हो सकता है जिन्होंने किसी स्थान की यात्रा की हो या जो संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हों

पैंडेमिक एरिया था या फिर उनका ऐसा कॉन्टेक्ट हुआ किसी पेशंट से जो ऑलरेडी पॉजिटीव था या सस्पेक्ट था

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए हो श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने स्व रोजगार आवास की उपलब्धता सड़के बनाने और सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का विस्तार कर के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर सुजित करने की बहुआयामी नीति बनाई है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए इस वित्त वर्ष में चालीस हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक दो करोड़ इक्कीस लाख मानव श्रम दिवस सृजित किये गये हैं इसके तहत रोजगार सृजन के मामले में बिहार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है प्रदेश में पूरे श्रद्धा के साथ आज नागपंचमी का त्यौहार मनाया गया इस अवसर पर रोहतास और आस पास के जिलों में अखाड़ा कुश्ती का आयोजन किया गया और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश के दस जिलों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है

संक्रमित लोगों का आंकड़ा छत्तीस हजार के पार